यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का पांचवां संस्करण है

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चुनिंदा लाभार्थियों स्वच्छताग्रहियों और सफाईकर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि शिवा परियोजना के तहत फलों के लिए जलवाय् की अनुकूलता और किसानों की मांग के अनुसार फल बागीचे विकसित किए जा रहे हैं

राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है

उन्होंने लोगों से केन्द्र व राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया परमार ने अधिकारियों को योजनाओं और स्कीमों की जानकारी का प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इनके साथ जुड़कर अपनी आर्थिकी को और सुदृढ़ कर सकें जयंती आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राजधानी के छोटा शिमला में सदभावना चौक पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे इस अवसर पर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर कोरोना महामारी के प्रकोप से जुड़ी खबर को आज समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल पर वायरस का कहर जारी मरने वाले दोनों चंबा जिला के

हिमाचल दस्तक के मुताबिक प्रदेश में कोरोना से दौ और मौतें पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को सुर्खी दी है राष्ट्रीय भर्ती एजैंसी स्थापित करने के ऐतिहासिक निर्णय से नौकरी के इच्छुक देश के करोड़ों युवा होंगे लाभान्वित इसी समाचार पत्र ने फोन टैपिंग मामले पर लिखा है सीआईडी ने पूछताछ के लिए तलब किए दो आईएएस अधिकारी

जबकि आपका फैसला का कहना है दो हजार से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतें टूटेंगीं

अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल के एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की जमीन खरीद का लगा है आरोप